प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीति पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय जनहित में काम करने को कहा वे आज संसद भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अन्पस्थिति पर चिन्ता जताई श्री जोशी ने बताया कि सांसदों को सरकार की नई योजनाओं की जानकारी अपने क्षेत्र के लोगों को देने को कहा गया है बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानो चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है

स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने बधाई दी है

बाइट हर पंचायत में कनेक्टिविटी उपलब्ध हो यह हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है

भारत ऑप्टिकल फाइबर से हर दृष्टि से पंचायतों को अपनी वेबसाइट बनाने की आजादी है और अगर पंचायतें हमारे पोर्टल पर जुड़ना चाहती हैं तो निश्चित रूप से हमने उनको सारी सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं

कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से एक स्वैच्छिक और अंशदायी पशन योजना शुरू को है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा और केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि लाभार्थी के खाते में जमा कराएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में यूवाओं को उद्योग लगाने के लिए सक्षम बना रही है इस योजना के अंतर्गत पांच लाख से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इतने ही बेरोजगार युवा प्रशिक्षण पाने के लिए पंजीकृत किए गए हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कौशल और रोजगार मेले प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

आज से लखनऊ में पांच दिवसीय बासठवीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारम्भ हो गया यह आयोजन बीस जुलाई तक चलेगा

उन्होंने कहा कि आतंकवाद भ्रष्टाचार और नक्सलवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिये अति आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में और सुधार के लिये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं इस अवसर पर विभिन्न प्रदेशों की पुलिस टीमों द्वारा मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आज गुरू पूर्णिमा का पर्व बड़े धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शका को शुभकामना दी है उन्होंने कहा कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है यह दिन भारत नेपाल और भूटान में हिंदुओं जैन और बौद्धों द्वारा त्योहार के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर बड़े सबेरे से ही लोग पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान ध्यान के बाद अपने अपने गुरूओं को नमन कर रहे हैं विभिन्न मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है अयोध्या में पावन सलिला सरयू में स्नान के बाद लोगों ने नागेश्वरनाथ कनक भवन रामजन्म भूमि मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा की यहां भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं वाराणसी में मठों और मंदिरों में आशीर्वाद के लिये शिष्यों का तांता लगा रहा हमीरपुर में गुरू पूर्णिमा का पर्व परम्परागत ढंग से मनाते हुए पूजा अर्चना के साथ गुरूओं को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया चित्रकूट में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु और शिष्यगण कामदगिरी की परिक्रमा के बाद विभिन्न अखाड़ों मंदिरों और मठों में अपने गुरूओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा अपने अपने ढंग से लगाई और गुरूओं का आशीर्वाद प्राप्त किया गौरतलब है कि लगभग सात कोस की इस परिक्रमा के लिये दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज दो अलग अलग मुठभेड़ों में चार अपराधियों को मार गिराया पहली मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में आज सुबह जबकि दूसरी मेरठ में आज दोपहर हुई मारे गये चारों अपराधी दो जुलाई को पुलिस टीम पर हमला करने में शामिल थे जिसमें एक दारोगा दुर्विजय सिंह की मौत हो गई मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो अपराधी मारे गए मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने आकाशवाणी को बताया कि रोहित उर्फ संधू और राकेश नाम के ये अपराधी लूट और हत्या के कई मामलों में शामिल थे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला रोहित इस महीने की दो तारीख को पुलिस हिरासत से फरार हो गया था समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये उन्होंने कल समाजवादी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे ददया था श्री शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र है सदस्यता ग्रहण समारोह में भाजपा महासचिव भूपेन्द्र यादव मौजूद थे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रूक रूक कर हल्की से भारी वर्षा का क्रम फिर से शुरू हो गया है वर्षा के कारण विशेष रूप से तराई और पूर्वांचल में स्थित नदियों का जलस्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है हमीरपूर जनपद में आज एक सप्ताह बाद रूक रूक कर तेज वर्षा हुई इस वर्षा से किसानों में खुशी है वर्षा को तिल अरहर मूंग और ज्वार बाजरा की बुआई के लिये लाभदायक बताया जा रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है उच्चतम न्यायालय ने दिमागो बुखार पर नियंत्रण के लिए तत्काल उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केन्द्र बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है याचिका में पीडित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिये जान को भी कहा गया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय तथा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवा और स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस जारी किया याचिका में दिमागी बुखार से ग्रस्त सभी बच्चों के शीघ्र निःशुल्क उपचार की भी मांग की गई